देशमर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर के अंत तक बढाने की घोषणा की है

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में है

कल सबसे अधिक सरायकेला से पचीस मरीज मिले जबकि धनबाद में चौदह जमशेदपुर से ग्यारह मरीजों की पुष्टि हुई

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक एक हजार आठ सौ निन्यानबे लोग स्वस्थ चके हैं पिछले चौबीस घंटों में पैंतीस लोगों के ठीक होने के बाद छुट्टी दी गयी

वहीं राज्य में कोरोना संकमण से मरने वालों की संख्या पंद्रह हो गयी है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

संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाको में और अधिक छूट की अनुमति मिली है

वहीं केंद्र सरकार के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य सभी जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक और अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य के सभी प्रवासी मजदूरों को हरसंभव रोजगार देने का प्रयास किया जायेगा प्रवासी मजदूरों को राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में काम दिया जाएगा

कोरोना महामारी के दौरान देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय तीन जुलाई को फैसला सुनायेगी कल इससे जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हई हाईकोर्ट ने प्रार्थी राज्य सरकार और बाबा मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने अपना फैसला तीन जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया वादी का कहना था कि कुछ शतों के साथ श्रावणी मेले का आयोजन किया जाए जबकि सरकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर होने वाले इस आयोजन में सामुदायिक रूप से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है

इसके अंतर्गत प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं टेलीफोन पर एकत्र की जाएंगी रिजर्व बैंक ने हंस रिसर्व ग्रुप को सर्वेक्षण का काम सौंपा है सर्वेक्षण का लक्ष्य देश के अठारह शहरों में करीब छह हजारों परिवारों के विचारों के आधार पर मंहगाई की स्थिति का मूल्यांकन करना है इसमें परिवारों के उपभोग की वस्तुओं की खपत को आधार बनाया जायेगा सर्वेक्षण में रांची मुंबई नागपुर अहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल भुवनेश्वर चंडीगढ़ चेन्नई दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर कोलकाता लखनऊ पटना रायपुर और तिरुवनंतपुरम को शामिल किया गया है देशभर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है

मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष पहली जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा है कि संकट के इस काल में डॉक्टर और नर्स ईश्वर का रूप हैं

वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को बधाई दी है

गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर्स दिवस पर चिकित्सकों को श्मकामनाए दी हैं

बोकारो जिले के चास के पांच युवक बायोफ्लॉक इंडोनेशियन पद्धति से मछली पालन कर खूद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये युवक दूसरों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं

टैंक में मछली का जीरा डाल कर सैकड़ों किलो मछली का उत्पादन कर रहे हैं इन मछलियों की बोकारो और रांची सहित आसपास के जिलों में काफी मांग है

खूंटी जिले के नगर पंचायत वार्ड संख्या पांच के पीड़ी टोला मोहल्ले में महिलाओं ने श्रमदान कर डेढ़ सौ फीट पीसीसी पथ का निर्माण किया है इस मुहल्ले में सड़क नहीं थी

वहीं सड़क निर्माण मामले पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि यह उनके संज्ञान में नहीं था

चतरा जिले की राजपूर थाना पूलिस ने गोमाठी इलाके में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान लगभग दस लाख रुपये मूल्य को अफीम के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है

और अब संक्षिप्त खबरें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार्टर्ड अकांउटेंट दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं

इसे घूरती रथयात्रा के नाम से जाना जाता है मौसीबाड़ी से लौटने के बाद मंदिर में अनुष्ठान होंगे और गर्भगृह में स्थापित कर दिया जायेगा